कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा केरल में वायनाड लोकसभा सीट से भी लड़ेंगे चुनाव स्वीप अभियान के तहत आज भी आयोजित हुई कई गतिविधियां रैलियां और पीले चावल बांटने के साथ नागौरी बेल को बनाया गया शुभंकर

पहले दौर के मतदान में एक महीने से भी कम का समय शेष रहते चुनाव प्रचार गति पकडने लगा है आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ अर्चना शर्मा ने बताया कि पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा और विजय सारस्वत को चुनाव प्रबन्ध समिति में शामिल किया गया है इसी प्रकार अमित पूनिया को चुनाव प्रबन्धन उपसमिति में शामिल किया पार्टी ने इसके अलावा अन्य समितियों में भी कई लोगों को जोडा है भाजपा ने मैं भी चौकीदार अभियान के समर्थन में आज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया

यह घोषणा आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने की बाद में मीडिया र्स बातचीत में श्री एंटोनी ने बताया कि यह फैसला दक्षिण राज्यों के अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर लिया गया है

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि इससे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता अब केरल में वाम दलों से मुकाबला करने की है इधर भाजपा ने भी राहुल गांधी के इस निर्णय को हार के भय से उठाया गया कदम बताया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से हार की चिंता सता रही है

नागौर में नागौरी नस्ल के बैल नारयां को चुनाव का शुभंकर बनाया गया है

पाली में स्वीप कार्यक्रम के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं आशा सहयोगिनियों और बूथ अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल बांटकर मतदान का निमंत्रण दिया

इसके लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है

उधर प्रतापगढ़ जिले में खरीद योजना में इस बार एक भामाशाह कार्ड पर एक ही खाते का पंजीयन होने का मापदंड निर्धारित किया गया है

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक शाखाओं में आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित जरूरी कामकाज निपटाये गये केंद्र ने सभी वेतन और लेखा अधिकारियों को भी आज अपने कार्यालय खुले रखने की सलाह दी थी जिससे सरकारी प्राप्ति और भुगतान का काम समय पर पूरा हो सके

नये चौपहिया वाहनों में सुरक्षा मापदंडो को शामिल किये जाने की वजह से इनकी कीमत में कुछ बढोतरी होगी वहीं सीएनजी की दर भी कल से बढ़ाई जायेगी इधर रेलवे की कई गाडियों के समय में भी आज आधी रात बाद परिवर्तन हो जायेगा

प्रक्षेपण की गिनती का कार्य सुचारू रूप से जारी है

विमान के दोनों पायलट समय रहते सुरक्षित उतर गये दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं

इसके लिए मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की

वहीं ट्र्नामेंट के एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है

चैत्र मास में ही जेठ सरीखी गर्मी पडने से जनजीवन पर व्यापक असर देखा जा रहा है दिन में तेज धूप पडने से सडकें सूनी नजर आ रही हैं

सवाईमाधोपुर में भी मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है

गर्मी के तीखे तेवरों से जहां मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हैं वही फसलो की कटाई भी शुरू हो गई है मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है

झुंझुनूं जिले में लोकसभा चुनाव के तहत चुनाव प्रशिक्षण में अनुपरिथत रहने पर एक अधिकारी और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है

नागौर में सूक्ष्म लघ् और मध्यम मंत्रालय की ओर से तकनीकी विकास केन्द्रों में दो दिवसीय हस्त औजार व्यापार मेला आयोजित किया गया टोंक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज मतदान में शामिल की जाने वाली ईवीएम वीवीपैट और बैलेट कन्ट्रोल यूनिट का प्रदर्शन राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ किया